पहले घंटे में औसतन तीन दशमलव छह प्रतिशत मतदान

मतदान केन्द्रों पर देखी जा रही है लंबी कतार

और प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित

प्रदेश के पांच लोकसभा क्षेत्रों दरभंगा उजियारपुर समस्तीपुर बेगूसराय और मुंगेर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है इन निर्वाचन क्षेत्रों में अठासी लाख से अधिक मतदाता तीन महिला प्रत्याशियों समेत छियासठ उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे मतदान के लिए आठ हजार आठ सौ चौंतीस मतदान केन्द्र बनाये गये हैं पहले घंटे के मतदान के बाद औसतन तीन दशमलव छह प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है दरभंगा और मुंगेर में तेज गति से मतदान हो रहा है इन दोनों ही क्षेत्रों में चार प्रतिशत से अधिक वोट डाले गये हैं वहीं समस्तीपुर और उजियारपुर में तीन दशमलव सात जबकि बेगूसराय में सबसे कम दो प्रतिशत वोटिंग की खबर है हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि मतदान केन्द्रों पर सुबह से ही यूवा महिला बुज़ुर्ग और दिव्यांग सहित अन्य मतदाताओं की लंबी कतार देखी जा रही है केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के बड़हिया स्थित बूथ संख्या तैंतीस पर सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया आसमान में हल्के बादल छाये रहने और मौसम सुहावना होने के कारण बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकले हैं

मतदान प्रक्रिया शाम के छह बजे तक चलेगी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया बूथों पर अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की गयी है वहीं जिला पुलिस होमगार्ड सैप और बीएमपी के जवानों को भी तैनात किया गया है समस्तीपुर के दियारा क्षेत्रों में नाव और घुड़सवार दस्ते की मदद से चुनाव प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए चार हजार दो सौ बावन माईक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गयी है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि एक सौ तीस मतदान केन्द्रों पर लाइव वेबकास्टिंग के माध्यम से मतदान प्रक्रिया का सीधा प्रसारण किया जा रहा है

वहीं पटना में एक एयर एम्बुलेंस को भी अलर्ट पर रखा गया है आज चौथे चरण के चूनाव में जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है उनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय रालोसपा अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा जदयू के राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह राजद के अब्दुल बारी सिद्दिकी लोजपा के रामचंद्र पासवान और सीपीआई के कन्हैया कुमार प्रमुख हैं इन दिग्गजों के अलावा भाजपा के गोपालजी ठाकुर राजद के तनवीर हसन और कांग्रेस के अशोक कुमार तथा नीलम देवी भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं इन पांचों संसदीय सीटों पर वर्ष दो हजार चौदह के लोकसभा चुनाव में भाजपा को तीन और लोजपा को दो सीटों पर जीत मिली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चूनाव के चौथे चरण में लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है एक ट्वीट में श्री मोदी ने आशा जतायी है कि चौथे चरण में बड़ी संख्या में लोग मतदान में भाग लेकर पिछले तीन चरणों के मतदान का रिकॉर्ड तोड़ेंगे उन्होंने विशेष रूप से युवा मतदाताओं से मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डालने की अपील की मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने मतदाताओं से भारी संख्या में मतदान में भाग लेकर देश में लोकतंत्र के आधार को और मजबूत तथा मुखर बनाने की अपील की है लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है इस चरण के तहत नालंदा पटना साहिब पाटलिपुत्र आरा बक्सर सासाराम काराकाट और जहानाबाद लोकसभा क्षेत्रों में चूनाव होने हैं इन संसदीय क्षेत्रों से अब तक एक सौ तैंतालीस उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है कल नामांकन पत्रों की जांच होगी और दो मई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में लू जैसी स्थिति बन गयी है ऑल इंडिया वेदर वार्निंग बुलेटिन में कहा गया है कि अगले दो दिनों तक ऐसे ही हालात रहेंगे उसके बाद स्थिति में थोड़ी सुधार आने की सम्भावना है कल दस बजे सुबह के बाद ही पटना का तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस पार कर गया था वहीं औसत तापमान सामान्य से पांच डिग्री अधिक तैंतालीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रहा दोपहर में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण लगभग दो घंटे तक धूल भरी आंधी भी चली वहीं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी तापमान सामान्य से अधिक रहा खास कर दक्षिण बिहार के अधिकांश हिस्सों में तापमान चालीस डिग्री के आस पास रिकॉर्ड किया गया इधर आज सूबह से पटना सहित प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाये हुये हैं इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां हिन्दुस्तान दैनिक जागरण दैनिक भास्कर राष्ट्रीय सहारा और आज समेत सभी समाचार पत्रों ने लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है बिहार की पांच सीटों पर मतदान आज दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है नौ राज्यों की इकहत्तर सीटों पर होगी वोटिंग प्रभात खबर की सुर्खी है नौ साल बाद तैंतालीस डिग्री तक चढ़ा पारा चली धूल भरी आंधी

पहले घंटे में औसतन तीन दशमलव छह प्रतिशत मतदान

मतदान केन्द्रों पर देखी जा रही है लंबी कतार

और प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित